कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन सवा दो लाख तक कोरोना टेस्टिंग किय जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली को लागू करने को कहा है इस प्रणाली के तहत सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने इलाके के कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाये

टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण को विन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु एप पर कल से आरंभ होगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों संख्या निरन्तर बढ़ रही है

यह जानकारी आज लखनऊ में अपर मूख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

राजधानी लखनऊ में लगातार पांचवें दिन भी नये कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई एक रिपोर्ट राज्य सरकार ने कहा है की प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है

केंद्र सरकार से भी आठ नए टैंकर मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की आगरा मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में ऑक्सीजन के प्रभावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में तत्काल कार्यवाही कराई जाए उन्होंने कहा कि सभी जिलों में दो दो सीएचसी को कोविड मरीजों के लिए तय किया जाए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

कल एक प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षित दूरी बनाये रखने के नियम का पालन न किया जाये तो एक व्यक्ति तीस दिन में चार सौ छह लोगों को संक्रमित कर सकता है आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इनके तहत संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घर में ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाने के लिए आयुष क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक औषधि लेने की सलाह दी गई है यह चार जडो बूटियों का सरल मिश्रण है यह दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं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

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें संसाधनों की महत्ता एवं उसकी सुनिश्चितता पर विशेष ध्यान देना होगा कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल बेड उपलब्ध होने पर कोविड पॉजिटिव मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर से मरीज को जो अस्पताल आवंटित किया गया है

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि कोविड मरीजों के आवागमन के लिये जिलों में पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है हर जरूरतमंद को एम्बुलेंस मिले इसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमारने बताया कि इन बूथों पर पुनर्मतदान कराने के लिये जल्द ही तारीख की घोषणा की जायेगी आज प्रदेश में हनुमान जयन्ती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई कोविड के चलते राज्य के सभी मंदिरों में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा इसलिये लोगों ने घरों में ही पूजा अर्चना की और इस महामारी से जल्द मुक्ति दिलाने के लिये प्रार्थनाएं की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पीड़ितों और जरूरतमंदों तक राहत व सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने के प्रयास करने चाहिये

उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन फॉर आल का निर्णय लेने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है सभी को समुचित व बेहतर इलाज मिल सके इसके लिये योगी सरकार लगातार काम कर रही है केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें